केन्द्र सरकार ने कहा है कि बाल संरक्षण गृहों में उत्पीड़न रोकने के लिए राज्यों में एकीकृत बाल संरक्षण गृह बनाये जायेंगे महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से आश्रय गृहों की निगरानी और प्रबंधन में आसानी होगी साथ ही वहां रह रहे बच्चों का सर्वांगीण विकास भी सम्भव होगा राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने पर अंतिम विचार के लिए कमिटी के गठन को मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया राजस्व पर्षद के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित होने वाली इस समिति में शिक्षा वित्त सामान्य प्रशासन समेत अन्य विभागों के अधिकारी शामिल किये गये हैं वहीं कैबिनेट ने राज्यकर्मियों को अगले वर्ष मिलने वाले अवकाशों को भी मंजूरी दी कर्मचारियों को चौंतीस सार्वजनिक और इक्कीस प्रतिबंधित अवकाश मिलेंगे मंत्रिमंडल ने गुरू नानक जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जो पहले प्रतिबंधित अवकाश की श्रेणी में आता था वहीं एक अन्य फैसले में कैबिनेट द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पच्चीस दिसम्बर को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का भी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य अब अपनी निधि से पुल पुलिया सामुदायिक भवन और शहीद द्वार जैसे निर्माणों की मरम्मत करवा सकेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए विधायक दल हुई बैठक में यह फैसला किया गया श्री कुमार ने कहा कि जिस प्रखंड में जमीन फटी हो एक तिहाई फसल जल गयी हो या भूमिगत जल का स्तर गिर गया हो तो उस प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने बढ़ते प्रद्षण पर चिंता जताते हुये किसानों से खेतों में धान का अवशिष्ट नहीं जलाने की अपील की सिपाही भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा कर चयनित हुये दो सौ उनतीस अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी होगी अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय एसके सिंघल ने यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि वर्ष दो हजार सत्रह में सिपाहियों की हुई भर्ती में अंतिम रूप से चयनित नौ हजार आठ सौ उनचालीस अभ्यर्थियों में दो सौ पैंतीस संदिग्ध पाये गये थे इन सभी की हैंडराईटिंग की फोरेंसिक लैब में जांच करवाई गयी दो सौ उनतीस अभ्यर्थियों की हैंडराईटिंग में अंतर पाया गया तीन अभ्यर्थियों की जांच रिपोर्ट अभी नहीं आयी है जबकि तीन अन्य सही पाये गये हैं उन्होंने बताया कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों पर गर्दनीबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कर उनके औपबंधिक चयन को रद्द कर दिया गया है केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल आज खगड़िया के मानसी में नवनिर्मित प्रिस्टीन मेगा फूड पार्क का लोकार्पण करेंगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे यह बिहार का अपनी तरह का पहला फूड पार्क है यहां किसानों और उद्यमियों के लिए अत्याध्रनिक खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं इस फूड पार्क में सूखा भण्डारण अनाज रख रखाव सुविधा कोल्ड स्टोरेज डीप फ्रीज स्टोर और पैक हाउस समेत कई अत्याध्रनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी संसद की संयुक्त संसदीय टीम ने पटना एम्स में मरीजों को मिल रही सुविधाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा की सांसद राम गोपाल यादव के नेतृत्व में आई टीम ने ओपीडी आईपीडी और पैथोलॉजिकल लैब का निरीक्षण किया बाद में सांसद श्री यादव ने कहा कि यह समीक्षा पूरी तरह गोपनीय है यह टीम आज पीएमसीएच का निरीक्षण करेगी राज्यपाल लालजी टंडन ने कहा है कि भारत की शक्ति विश्व पटल पर तेजी से बढ़ी है मोतिहारी के एमएस कॉलेज में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत आयोजित एनसीसी के एक कार्यक्रम में श्री टंडन ने कहा कि अब द्रनिया में हमारी उपस्थिति ऐसी है कि बगैर हमारी सहमति के विश्व में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं किया जा सकता प्रदेश के किसान अब धान क्रय केन्द्रों पर दो सौ क्विंटल तक धान बेच सकेंगे खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बटाईदार किसान अधिकतम पचहत्तर क्विंटल धान बेच सकेंगे किसानों को अड़तालीस घंटों के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा इस वर्ष राज्य सरकार ने बारह लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है

कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि अनुदान की राशि छह हजार से बढ़ाकर आठ हजार रूपये कर दी गयी है उन्होंने बताया कि योजना में पांच नये जिलों लखीसराय बेगूसराय खगड़िया मुंगेर और भागलपुर को भी शामिल किया गया है राज्य के सभी जिलों में पश् गणना का काम शुरू हो गया है पश् और मत्स्य संसाधन मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बताया कि पहली बार कम्प्यूटर और टैबलेट के माध्यम से गणना का काम हो रहा है उन्होंने बताया कि इस बार जल क्षेत्र के आधार पर मत्स्य संसाधनों की भी गणना होगी प्रोफेसर लीला चंद साहा तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर के प्रभारी कुलपति होंगे राज्यपाल सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की सहयोगी मधु ने सीबीआई को बालिका गृह से गायब और मृत लड़कियों के बारे में कई जानकारियां दी है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मधु ने इस मामले को दबाने में ब्रजेश ठाकुर की मदद करने वाले समाज कल्याण विभाग और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के नाम भी बताये हैं सीबीआई की टीम इन जानकारियों का सत्यापन कर रही है पीएमसीएच में वर्ष दो हजार सत्रह में संविदा पर नियोजित किये गये तीस पारा मेडिकल कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया में बरती गयी अनियमितता की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक उच्च स्तरीय कमिटी का गठन किया है इस कमिटी की रिपोर्ट आने तक इन कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता अभियान के तहत मधुबनी जिले में हुये शौचालय निर्माण घोटाले के आरोपी तत्कालीन कार्यपालक अभियंता राम अयोध्या ठाकुर की नियमित जमानत याचिका पटना हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है आरोपी पर छियालीस लाख रूपये की हेराफेरी का आरोप है निगरानी जांच ब्यूरो ने पूर्णियां के पूर्व जिला प्रबंधक सुबोध कुमार झा के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है ब्यूरो की टीम ने उन्हें वर्ष दो हजार पन्द्रह में एक लाख पन्द्रह हजार रूपये रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार किया था राज्य सरकार ने बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम बुडको में करोड़ों रूपये की हेराफेरी के मामले में जवाब तलब किया है ब्रडको के प्रबंध निदेशक अमरेन्द्र प्रताप सिंह को सीएजी की आपत्तियों पर अब तक की गयी पहल से अवगत कराने के निर्देश दिये गये हैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के विभिन्न पदों के लिए अब एक सौ पन्द्रह उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं सात उम्मीदवारों का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया छपरा रेलवे स्टेशन से पिछले दिनों नरमुंड बरामद होने के मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बलिया से गिरोह के सरगना को गिरफ्तार कर लिया है बरौनी कानपुर पाईप लाईन से पेट्रोल डीजल की चोरी का मुख्य आरोपी जनार्दन यादव पटना के अथमलगोला थाना की हाजत से कल फरार हो गया एसएसपी मनु महाराज ने इस मामले में थानाध्यक्ष समेत छह पुलिस कर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के बबूरबन्ना गांव में अपराधियों ने एक फायनांस कंपनी के मैनेजर से दो लाख रुपये लूट लिये वहीं बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव स्थित बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के कार्यालय से अपराधियों ने एक लाख पैंतालीस हजार रुपये लूट लिये भागलपुर जिले के सुलतानगंज थाना क्षेत्र के शाहाबाद गांव से पुलिस ने कुख्यात अपराधी पप्पू मंडल को दो देशी पिस्तौल और तीन कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने सुप्रीम कोर्ट में मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले की हुई सुनवाई से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर लिखता है सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के सोलह और शेल्टर होम्स में बच्चों से यौन शोषण की जांच सीबीआई को सौंपी हिन्दुस्तान ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने आश्रय गृहों की जांच सीबीआई को नहीं सौंपने का राज्य सरकार का आग्रह ठुकराया दैनिक जागरण ने विधानमंडल की कार्यवाही से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है हंगामे के बाद पांच राजद सदस्यों का निलंबन वापस राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है चौरासी दंगे के बहत्तर दोषियों की सजा बरकरार आज लिखता है सरकारी कर्मियों की छूटि्टयों में भारी कटौती